सीमा सुरक्षा बल और राज्य सरकार की ओर से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के तहत बाडमेर जैसलमेर बीकानेर और श्री गंगानगर जिलों से लगती भारत पाक सीमा पर करीब पांच लाख लोग इस मानव श्रंखला में शामिल हुए है

आज आकाशवाणी पर एक कार्यक्रम के जरिये लोगों से सीधे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के हर तबके के लिये सरकार ने योजनाएं बनाई हैं

श्री राठौड़ ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढाने के लिये सरकार ने उनकी सुविधाओं में बढोतरी की है कर्नल राठौड ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जिक करते हुए कहा कि यह योजना हर वर्ग के लिये फायदेमंद साबित हो रही है

राष्ट्रपति का संबोधन शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिन्दी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित होगा आकाशवाणी के प्रादेशिक केन्द्र क्षेत्रीय भाषाओं में रात आठ बजे से इसका प्रसारण करेंगे

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कल देशभर के रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता को परखने के लिये किये गये सर्वेक्षण के नतीजे घोषित किये

वहीं जयपुर जंक्शन ने दूसरा स्थान हासिल किया है

माउंटआबू आबू रोड और पिंडवाडा में आये भूकंप के झटकों से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है

इसके लिये आईओसीएल से समझौता हुआ है